इस मिशन से चन्द्रमा की सतह की बनावट पानी की उपलब्धता तथा भौगोलिक स्थिति के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा देश इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता की कामना कर रहा है

इसके बाद यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और सौ किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की परिक्रमा करेगा चंद्रमा की विशेष कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर विक्रम खुद को ऑर्बिटर से अलग कर लेगा और धीमी गति से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा इसके बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकल कर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और जरूरी सूचनाएं एकत्र करेगा यह मिशन पूर्णतः स्वदेशी है इस मिशन से पृथ्वी के एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में समझ बढ़ेगी साथ ही युवा पीढ़ी में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रूचि पैदा करने में प्रेरणा भी मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काशी और अयोध्या की तरह शुकतीर्थ का विकास भी उसके मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा शुकतीर्थ स्थित अक्षय वट व्रक्ष को उन्होंने हजारों साल के इतिहास का साक्षी बताया आज मुजफ्फरनगर स्थित शुकतीर्थ पहुंचकर उन्होंने पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया श्री योगी ने धर्म संस्कृति के साथ जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जनता से हर प्रकार के सहयोग का आग्रह किया उन्होंने कहा कि विकास कार्यो के लिए जन सहभागिता भी जरूरी है

उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द के माहौल में हम कॉवड़ियों को अतिथि मानकर उनका सत्कार करें मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉवड़ यात्रा के दौरान डीजे बंद नहीं होंगे लेकिन उसमें सिर्फ भजन बजाने की ही अनुमति होगी इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी कल्याण देव को श्रद्वासमन अर्पित किये और अक्षय वट व्रक्ष की परिकमा और गंगा घाट पर पूजा अर्चना भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने में हर व्यक्ति वर्ग व संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति द्वारा जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने पर राष्ट्र तेजी से सशक्त होगा मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने आवास पर स्माइल मशाल ज्योति आशीर्वाद कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के बाद मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने स्माइल मशाल ज्योति पज्जवलित की कार्यक्रम के बाद उन्होंने स्माइल मशाल ज्योति को रवाना किया स्माइल मशाल ज्योति कार्यकम अन्तर्राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य स्वयं सेवी संस्था स्माइल ट्रेन द्वारा संचालित किया जा रहा है संस्था द्वारा विश्व भर में जन्मजात विकृत होंठ और तालू के मरीजों का निःशुल्क उपचार कराया जाता है इस समस्या के उपचार के प्रति लोगों में जागरूकता तथा गतिशीलता लाने के लिए स्माइल मशाल ज्योति कार्यक्रम चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यकम की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का अभियान है ऐसे कार्यो से राष्ट्र सशक्त बनता है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

प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश देते हुए कल कहा कि जिला स्तर पर अधिकारी शराब की कच्ची दुकानों का चिन्हित कर यह सुनिश्चित कराये कि तय समय अवधि में वे सभी दुकानें पक्की हो जायें उन्होंने कहा कि बिना सीमा शुल्क दिये पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से अंकूश लगाया जाये समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव आबाकारी संजय आर भूसरेड्डी ने ओवर रेटिंग पर पूरी सख्ती के साथ रोक लगाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में अधिकारी नियमित रूप से शराब की दुकानों का निरीक्षण करं ताकि अवैध शराब व अन्य अवैध कार्यो पर तत्काल रोक लगायी जा सके उन्होंने कहा कि आबाकारी विभाग के अर्तगत निर्धारित की गयी राजस्व प्राप्तियों की निर्धारित समय में प्राप्ति सुनिश्चित की जाये प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल आयाजित की गयी राष्ट्रीय लोक अदालतों में बड़ी संख्या मे मामलों का निस्तारण किया गया अदालत में बैंक रिकवरी मोटर एक्सीडेंट क्लेम वैवाहिक वाद किरायेदारी वाद दीवानी और उत्तराधिकार आदि से जुड़े मामले सुने गये

औरैया में आयोजित लोक अदालत में राजस्व विभाग एवं न्यायालयों के कुल अट्ठारह सौ चौसठ मुकदमें सुलह समझौते से तय किये गये वहीं जौनपुर में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के साढ़े तीन हजार से अधिक वादों का निस्तारण किया गया हापुड़ में कौशल विकास योजना बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है योजना के अन्तर्गत जिले में संचालित किये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों में युवाओं को विभिन्न कलाओं की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है इस योजना का लाभ उठा कर युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं लाभार्थी सोनिया का कहना है बाइट मेरा नाम सोनिया है सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को थैंकयू बोलना चाहूँगी इस योजना को स्टार्ट किया है यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उन गरीब बच्चों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से सीख नहीं पा रहे हैं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था मुझे सिलाई में बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट था लेकिन मैं पैसों की वजह से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं सीख पा रही थी मैं घर में ही ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन फिर मुझे एक सेन्टर के बारे में पता चला सेल्फ स्किल ट्रेनिंग सेंटर में यहां पर आयी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है इसे सिखाने के लिये मैंने यहां पर एडमिशन लिया और बहुत सारी नई नई चीजें यहां पर सीखीं मुझे बहुत फायदा हुआ